श्री मोदी इस परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे राज्यपाल आंनदी बेन पटेल लखनऊ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे

परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है इससे बड़ी राशि की बचत हो रही है

यह द्वनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर सयंत्रों में से एक है इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल तीन इकाईयां है

विकास दुबे गिरफ्तार उत्तरप्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के लिए सीजेएम तृप्ति पांडे के समक्ष पेश किया गया हमारे उज्जैन संवाददाता के अनुसार विकास दुबे को उत्तरप्रदेश की एसटीएफ की टीम चार्टड प्लेन से लखनऊ ले गई है वर्चुअल सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन सुधार और बदलाव के साथ नये आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये है

झाबआ रेडियो विद्यालय झाबुआ के प्राथमिक विद्यालय में रेडियो के माध्यम से बच्चों को डिजिटल लार्निंग को लेकर किये गये प्रयास सफल होता दिख रहा है

जिसमें रामा ब्लॉक के इस विद्यालय में डिजिटल ग्रुप बनाकर पालकों को इसके बारे में बताया जा रहा है

मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण की नौबत नहीं आई है

हालांकि अब तक ढ़ाई हजार से अधिक व्यक्ति स्वस्थ्य हो चुके हैं

छतरपुर जिले में दो लोग ठीक होकर घर पहुंच गये हैं

स्वस्थ्य होकर घर जाने वाले मरीजों ने चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टॉफ और सफाईकर्मियों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है

विद्यालय के बोर्ड कक्षाओं के सभी बच्चों ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी में हाईे स्कूल की परीक्षा पास की है विद्यार्थियों को जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया है